मुख्यमंत्री का आज जर्मनी में इनवेस्टर रोड शो में भाग लेने का कार्यक्रम है जयराम ठाक्र जर्मनी में होने वाले रोडशो के दौरान संबंधित सरकार के प्रतिनिधियों और निवेशकों के साथ बैठक करेंगे उद्योगमंत्री विक्रम ठाक्र सहित अन्य अधिकारी भी बैठक में मौजूद रहेंगे

गौरतलब है कि मुख्यमंत्री का ये दौरा धर्मशाला में होने वाली ग्लोबल इंवेस्टर मीट में अधिक से अधिक निवेशकों को आकर्षित करने के लिये तय हुआ है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 केंद्रीय जलशक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत नई दिल्ली में इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे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

धावक पांच अनमोल ज़िंदगियों को बचाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय धावक सुनील शर्मा ने चैरिटी दौड़ पूरी कर ली है

सुनील शर्मा ने जिन पांच लोगों को बचाने के लिए चैरिटी दौड़ की है वे गंभीर बीमारियों से जूझ रहे हैं उन्होंने कहा कि इस मकसद को पूरा करने में उन्हें लोगों का भरपूर सहयोग मिला है मौसम प्रदेश के अधिकतर भागों में इन दिनों मौसम साफ बना हुआ है और धूप खिलने से तापमान में वृद्धि लगातार जारी है राज्य के निचले इलाकों में लोगों को दिन के समय चिलचिलाती गर्मी का सामना करना पड़ रहा है

इस बीच मौसम विभाग ने आज मध्यम व ऊच्च पर्वतीय क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर वर्षा व हिमपात की संभावना जताई है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

दिव्य हिमाचल की सुर्खी है मुख्यमंत्री संग जर्मनी गई टीम हिमाचल विदेशी निवेशकों से होगी प्रदेश में निवेश पर चर्चा आपका फैसला का शीर्षक है जयराम विदेश रवाना जर्मनी में उद्योगपतियों से चर्चा आज दैनिक सवेरा टाइम्स के शब्द हैं संभावनाओं को अवसर बना हिमाचल में निवेश रिझाने की कोशिश मनाली लेह मार्ग बहाली पर अमर उजाला और पंजाब केसरी के लगभग एक जैसा शीर्षक है आठ माह बाद मनाली लेह मार्ग बहाल आज से दौड़ेंगे वाहन

पंजाब केसरी की एक खबर है मैडिकल कॉलेज नाहन में बच्चों की अदला बदली वहीं अमर उजाला लिखता है प्रसव के बाद दादी से लिया नवजात बेटा थमा दी बेटी दैनिक जागरण की सुर्खी है कुल्लू में सेल्फी लेते ब्यास में बहा राजस्थान का बच्चा जबकि हिमाचल दस्तक ने लिखा है सेल्फी ले रहा बच्चा पैर फिसलने से ब्यास में डूबा पंजाब केसरी की एक खबर है ज्वाइंट डायरेक्टर रैंक के अधिकारी पर एफआईआर फर्जी डीए बनाने और तबादला होने पर सरकारी गाड़ी का इस्तेमाल करने का है आरोप

दैनिक भास्कर लिखता है प्रदेश में आज से मध्यम व ऊंचाई वाले इलाकों में बारिश की सम्भावना आपका फैसला के अनुसार आज करवट लेगा मौसम दो दिन बारिश और अंधड़ की चेतावनी दैनिक जागरण ने खबर दी है मौसम ने उड़ाया सेब का रंग ओलों से दागी हुए सेब भूमि में नमी बढ़ने से बढ़ी ड्रापिंग हिमाचल में बढ़ेगी पथ कर की दरें शीर्षक से दैनिक सवेरा टाइम्स ने लिखा है बाहरी राज्यों के वाहनों को चुकाना होगा अधिक पथ कर